ये आयोजन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में किया गया वन मंत्री गोविंद ठाकुर और सांसद राम स्वरूप शर्मा भी इस दौरान विशेष रूप से मौजूद रहे

पहली बार हुए इस आयोजन को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू दशहरे का काफी महत्व है और कोशिश रहती है कि हर बार कुछ नया किया जाए बाद में उन्होंने अटल सदन के प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का शिलान्यास किया उन्होंने नागूझौड़ माशना थाच मार्ग सहित पॉलिटैक्निक कॉलेज और जिलाधीश कार्यालय भवन का भी उद्घाटन किया सांस्कृतिक संध्या इस बीच अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की पांचवीं सांस्कृतिक संध्या में कल शाम मलेशिया और मध्य प्रदेश के कलाकारों ने उपस्थित लोगों का भरपूर मनोरंजन किया

सांस्कृतिक संध्या से पहले पुजारी संघ ने महा आरती का आयोजन किया जिसमें वन मंत्री गोविंद ठाक्र ने भाग लिया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महाराजा अग्रसेन के उन्नत विचारों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया है

उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन मानवता व सामाजिक समानता के प्रवर्तक थे और उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय की बात कही राज्यपाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने गौवंश की रक्षा व संरक्षण को भी महत्व दिया उन्होंने अग्रवाल समाज से गौवंश की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान करते हए कहा कि वे गौशालाओं का निर्माण कर इस दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं वाल्मीकि जयंती आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती पर लोगों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के महान विचार भारत के इतिहास में रचे बसे हैं जिनके बल पर भारत की परंपरा और संस्कृति फली फूली है प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय के स्तंभ महर्षि वाल्मिकि के संदेश हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे भेंट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साई ने आयोग के सदस्यों हर्षदभाई और हरिकृष्ण डामोर के साथ राजभवन शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की उन्होंने राज्यपाल से जनजातीय क्षेत्रों के विकास और प्रदेश में उनसे जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि वे अपनी अगली यात्रा में प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का व्यापक दौरा करेंगे दलाई लामा तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा ने भारत व चीन के बीच अच्छे संबंध होने की ज़रूरत पर बल दिया है वे आज चण्डीगढ़ जाने के दौरान ऊना में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जहां एक ओर दोनों देशों की सभ्यताएं काफी पुरानी हैं वहीं आर्थिक तौर पर भी दोनों देश बड़ी शक्तियां हैं ऐसे में दोनों राष्ट्रों में मधुर रिश्ते होना ज़रूरी है दर्रा चम्बा को जनजातीय क्षेत्र पांगी से जोड़ने वाला साच पास मार्ग छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है

मार्ग के खुलने से घाटी के लोगों ने राहत की सांस ली है पांगी को चम्बा मुख्यालय से जोड़ने वाला साच पास मार्ग कम दूरी का मार्ग है और इसी रास्ते से अधिकतर लोग आवागमन करते हैं कराटे सोलन में उत्तर क्षेत्रीय खिलाड़ियों की कराटे प्रतियोगिता संपन्न हो गई है इस दो दिवसीय प्रतियोगिता में करीब सौ खिलाड़ियों ने भाग लिया नॉर्थ इंडियन कराटे फैडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रज मोहन ने बताया कि ये प्रतियोगिता करवाने का संस्था का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों में खेल भावना पैदा करना रहा है